मुख्यमंत्री ने कहा कि इक्कीस अप्रैल तक कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद परिस्थितियों के अनुरूप लॉकडाउन के बारे में निर्णय लिया जाएगा लॉकडाउन के दौरान अब लोगों को घर बैठे आसानी से मिल सकेंगी फल सब्जियां मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट का किया लोकार्पण राज्य के चिकित्सा शिक्षा संचालक ने कहा कि कोरोना वायरस जांच की प्रक्रिया बेहद जटिल जगह जगह टेस्टिंग लैब की स्थापना नहीं की जा सकती कोरोना मरीज छत्तीसगढ़ में आज कोरोना वायरस से संक्रमित छह और मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई इन्हें मिलाकर अब तक तेईस मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं वर्तमान में कोरोना से संक्रमित दस मरीजों का इलाज एम्स रायपुर में चल रहा है जबकि प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित तैंतीस मरीजों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस के कुल पांच हजार एक सौ बाईस संभावित व्यक्तियों की पहचान कर सैंपलों की जांच की गई हैं इनमें से चार हजार आठ सौ अठहत्तर के परिणाम नेगेटिव आए हैं वहीं दो सौ ग्यारह सैंपल की जांच जारी है इस बीच कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं साथ ही विदेशों और अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आए लोगों सहित संक्रमितों के संम्पर्क में आए लोगों को क्वारेंटाइन किया गया है वर्तमान में इकहत्तर हजार से अधिक लोग होम क्वॉरेंटाइन में है जिनकी निगरानी की जा रही है लॉकडाउन के दौरान आम जनता से मास्क गमछा अथवा रूमाल से नाक मुंह को अच्छे से ढंकने तथा फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील की गई है

इक्कीस अप्रैल तक कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता के नाम अपने संदेश में यह बात कही श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश के जिन जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण होगा उन्हें गाइडलाइन के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी इसके लिए यह आवश्यक है कि हम अपने अपने जिलों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें हम सभी नियमित रूप से मास्क पहने हाथ और फिजिकल डिस्टेंसिंग पर ध्यान दें उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के सहयोग से छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का संक्रमण नियंत्रण में है मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में छप्पन लाख राशन कार्डधारियों को निःशुल्क राशन देने का फैसला किया गया है नये राशन कार्ड बनाने का कार्य भी युद्धस्तर पर चल रहा है ऐसे जरूरतमंद लोग जिनके पास वर्तमान में किसी कारणवश राशनकार्ड नहीं हैं उन्हें भी अब एक माह का राशन निःशुल्क प्रदान किया जाएगा श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों से आए कामगारों के भोजन और अस्थायी आवास का पूरा प्रबंध राज्य सरकार कर रही है वहीं छत्तीसगढ़ के जो श्रमिक अन्य राज्यों में हैं उनके आवास और भोजन की व्यवस्था भी की गई हैं इस बीच मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से साठ करोड़ रूपए की राशि स्वास्थ्य विभाग को जारी की है

रायपुर जिले में कलेक्टर ने आज शाम पांच बजे से उन्नीस अप्रैल की शाम पांच बजे तक के लिए अतिआवश्यक प्रतिष्ठानों को छोड़कर शेष गतिविधियों के संचालन पर रोक लगाने का आदेश दिया है इस दौरान किराना फल और सब्जी की दुकानें भी बंद रहेंगी वहीं रायपुर जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन की अवधि में अब पका भोजन पैकेट जरूरतमंद व्यक्तियों और परिवारों तक पहुंचाने वार्डवार मैंपिंग की जा रही है आपातकालीन खान पान सेवा के लिए जारी पुराने सभी अनुमति निरस्त कर अब नये पास जारी किए जाएंगे दुर्ग में भी आज शाम छह बजे से उन्नीस अप्रैल तक की मध्यरात्रि तक के लिए अतिआवश्यक प्रतिष्ठानों को छोड़कर शेष गतिविधियों के संचालन पर रोक लगा दी गई है

वहीं राजनांदगांव जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिनों द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही छोटे बच्चों का टीकाकरण भी किया जा रहा है वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर गंज चौक स्थित एक मॉल को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वार्ड क्रमांक तेईस में अम्बेडकर चौक पर पार्षद निधि से सैनिटाइजर टनल लगाया गया है उधर सरगुजा जिले के नवागढ़ में पुलिस ने कोरोना वायरस के संक्रमण की दवा को लेकर अफवाह फैलाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है

जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए कोविड अस्पताल की स्थापना भी की गई है उधर रायगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए तैनात डॉक्टरों की सुरक्षा और मदद के लिए ग्यारह सदस्यीय विशेष टीम गठित की है वहीं जिले के तमनार विकासखंड की सभी प्राथमिक शालाओं में लॉकडाउन के दौरान बच्चों के लिए सीख कार्यक्रम शुरू किया गया है वहीं बिलासपुर जिला प्रशासन ने गणेश चौक और मुंगेली नाका साप्ताहिक बाजार को बंद रखने के निर्देश दिए हैं बस्तर जिले के भानपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम करंदोला स्थित राहत शिविर में क्वारेंटाइन से फरार दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है कोरोना सुखा राशन प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के चिन्हांकित हितग्राहियों को इक्कीस दिन का सूखा राशन चावल दाल और अन्य पोष्टिक आहार का पैकेट अब तीन मई तक प्रदान किया जाएगा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अब लॉकडाउन अवधि को बढ़ाकर तीन मई तक किया गया है महिला और बाल विकास विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं इस अभियान के तहत लॉकडाउन अवधि में लगभग तीन लाख पन्द्रह हजार हितग्राहियों को प्रतिदिन सौ ग्राम चावल पच्चीस ग्राम दाल और चना गुड़ मूंगफली अण्डा सोयाबड़ी जैसी पौष्टिक सामग्री के मान से सूखा राशन घर घर पहुंचाया जाएगा इस दौरान निर्धारित सुरक्षा मापदण्डों स्वच्छता और सामाजिक दूरी के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा कोरोना कृषि मंत्री केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली के कृषि भवन में अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर का शुभारंभ किया इससे लॉकडाउन के दौरान जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से पहुंचाने में मदद मिलेगी

केन्द्रीय कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की पहल से राज्यों के बीच तालमेल के लिए अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर की चौबीसों घंटे सेवा शुरू की गई है

कोरोना से जंग जनता के संग नाम के इस विशेष कार्यक्रम की पांचवीं कड़ी कल सुबह साढ़े दस बजे से प्रसारित की जाएगी इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र सुबह साढ़े दस बजे एक साथ रिले करेंगे केन्द्र योजना हितग्राही लॉकडाउन के दौरान किसानों को परेशानी न हो इसके लिए केन्द्र सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराई है जांजगीर चांपा जिले में हरदी गांव के किसान राजशेखर सिंह ने बताया कि उन्हें खाद बीज भी आसानी से मिल रहा है

इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज फल सब्जी ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट सीजी हाट का लोकार्पण किया इस वेबसाइट के जरिए लोगों को घर बैठे ही ताजे फल और सब्जियां उपलब्ध होंगी डेढ़ सौ रूपए की खरीदी पर कोई डिलीवरी शुल्क नहीं लगेगा शीघ्र ही यह सेवा दूध किराना सामान कपड़े शहद वनोपज अंडे जैसी वस्तुओं के लिए भी उपलब्ध होगी गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन को तीन मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए फल और सब्जी की घर पहुंच सेवा ऑनलाइन ऑडर से मिलेगी वेबसाइट में एसएमएस नोटिफिकेशन तथा ऑर्डर ट्रेकिंग की व्यवस्था की गई वर्तमान में यह सेवा रायपुर शहर में उपलब्ध है अगले एक दो दिनों के भीतर प्रदेश के सभी बड़े शहरों में इस ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी कोरोना मुख्यमंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है कि छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों के लिए घर बैठे पढ़ाई के लिए प्रारंभ किए गए ऑनलाईन शिक्षा पोर्टल को वे अपने राज्य के विद्यार्थियो और शिक्षकों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं श्री बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन को दौरान सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं और निकट भविष्य में इनके खुलने की संभावना भी नहीं है ऐसे में बच्चें की पढ़ाई जारी के लिए ऑनलाइन पढ़ाई ही एकमात्र तरीका है छत्तीसगढ़ ने एक ऑनलाइन ई लर्निंग पोर्टल विकसित कर लिया है यह पोर्टल सभी के लिए निःशुल्क है और बेवसाइट पर उपलब्ध है इसका नाम छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ई तुंहर दुआर रखा गया है जिसका अर्थ हैं घर बैठे पढ़ाई कोरोना जांच डीएमई छत्तीसगढ़ के चिकित्सा शिक्षा संचालक डॉक्टर एसएल आदिले ने कहा है कि कोरोना वायरस की जांच की प्रक्रिया बेहद जटिल है उन्होंने जगह जगह कोरोना वायरस के टेस्टिंग लैब की स्थापना की मांग के संबंध कहा कि जन सामान्य में यह भ्रांति है कि कोरोना वायरस की जांच अन्य पैथालॉजिकल जांच की तरह ही सामान्य लैबोरेटरी में की जा सकती है डॉक्टर आदिले ने कहा कि कोरोना वायरस वायरोलॉजी लैब स्थापना के नियम बेहद कड़े हैं इसके लिए प्रशिक्षित स्टॉफ के साथ ही आवश्यक अधोसंरचना तथा विदेश निर्मित अत्याधुनिक मशीनों की आवश्यकता होती है डीएमई ने बताया कि आम लोगों की यह धारणा है कि कोरोना वायरस लैब खून पेशाब जैसी मामूली जांच प्रयोगशाला है जिसे कही भी स्थापित किया जा सकता है इस भ्रांति के चलते लोग विभाग से उम्मीद कर रहे हैं कि सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में तत्काल जांच लैब शुरू कर दी जानी चाहिए उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस वायरोलॉजी कन्फर्मेशन केवल आरटी पीसीआर नामक अति अत्याधुनिक मशीन से ही संभव है डीएमई ने बताया कि प्रयोगशाला के लिए विशेष प्रकार की अधोसंरचना भी आवश्यक है पूरी प्रक्रिया एयरशील्ड तथा जीवाणु विषाणु रहित अति सुरक्षित कमरों में कुशल डॉक्टर और टेक्नीशियनों द्वारा ही किया जाता है इसमें किसी प्रकार की असावधानी त्रृटि की कोई गुंजाईश नहीं है जरा सी लापरवाही से विषाणु वातवारण में फैल सकते हैं जो प्रयोगशाला में कार्यरत् स्टॉफ के साथ ही जन सामान्य के लिए भी अत्यंत घातक साबित हो सकते हैं कोरोना प्रयास विद्यालय कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए प्रयास आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के आवेदन में संशोधन किया गया है इसके अनुसार प्रयास आवासीय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए विद्यार्थियों द्वारा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पन्द्रह मई और प्रवेश परीक्षा की तिथि चौबीस मई निर्धारित की गई है पहले आवेदन जमा करने की तिथि पच्चीस अप्रैल और प्रवेश परीक्षा की तिथि छब्बीस अप्रैल थी मुंगेली पुरस्कार मुंगेली जिले के लोरमी सामुदायिक स्वास्थ्य कोन्द्र को मरीजों के बेहतर इलाज देखरेख और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक पुरस्कार के लिए चुना गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव विकासशील ने छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस उपलब्धि पर अस्पताल के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी है पीलिया शिविर राजधानी रायपुर के विभिन्न क्षेत्रों में पीलिया के बाईस और मरीज मिले हैं जिला अस्पताल में अब तक कुल एक सौ सोलह मरीज भर्ती किए जा चुके हैं जिसमें तैंतीस मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है वर्तमान में अस्पताल में अठहत्तर प्रभावितों का इलाज किया जा रहा है अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सात सौ छयालीस घरों का भ्रमण किया गया वहीं शिविरों के माध्यम से दौ सौ सड़सठ मरीजों की जांच की गई इसमें एक सौ सड़सठ संभावित मरीजों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं एक सौ तीस मरीजों की जांच में पीलिया के बाईस पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं अधिकारियों ने यह भी बताया कि शहर में छह स्थानों पर सात शिविर लगाए गए हैं जहां लोगों की स्वास्थ्य की जांच की जा रही है माओवादी वारदात कांकेर जिले के परतापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुसरघाट में सीमा सुरक्षा बल और जिला पुलिस बल की टीम ने पांच किलो का एक कुकर बम बरामद किया है बाद में बम निरोधक दस्ते की मदद से बम को निष्किय कर दिया गया वहीं बीजापुर जिले के फरसेगढ़ थाना क्षेत्र में माओवादियों ने एक सहायक आरक्षक की धारदार हथियार से हत्या कर दी संक्षिप्त समाचार महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र में इन दिनों तेईस हाथियों का दल पहुंच गया है वन विभाग ने आसपास के ग्रामीणों को सतर्क कर दिया है इसी जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए अभियान दाना पानी के तहत जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में कई स्थानों पर सकोरा में पक्षियों के लिए चावल और पानी की व्यवस्था की गई है बलरामपुर रामानुजगंज के वाड्रफनगर क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने अवैध इमारती लकड़ी जब्त की है जिसकी कीमत लगभग पचास हजार रूपए आंकी गई है बलौदाबाजार जिले के भटगांव थाना क्षेत्र में एक वाहन से पैंसठ लीटर अवैध शराब सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इसी जिले में वन विभाग की टीम ने चीतल मांस के साथ एक पुलिस आरक्षक को गिरफ्तार किया है दुर्ग जिले के भिलाई नगर थाना क्षेत्र की दिव्यांग युवती से नौकरी लगाने के नाम पर तीन लाख रूपए ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है रायगढ़ पुलिस ने सांकरा में कच्ची शराब बनाने के लिए रखे करीब सौ बोरी महुआ बरामद किया है बस्तर जिले के दरभा थाना क्षेत्र के ग्राम भडरीमहू में बीती रात अज्ञात लोगों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव थाना क्षेत्र के धनगांव में पुलिस ने एक घर से पच्चीस किलो का गांजा बरामद किया है इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है